बेतिया में चार लाख के जाली नोट के साथ बंगाल का तस्कर गिरफ्तार

पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसम्पर्क अधिकरी राजेश कुमार ने बताया कि एक ट्रेक पर मालगाड़ी ट्रेन को चलाया गया है उन्होंने कहा कि घटना के कारण सोनपुर मंडल की तीन मेमू ट्रेनों को आज रद्द कर दिया गया है जिनमें बरौनी पटना बरौनी पाटलिपुत्र और सोनपुर बरौनी मेमू ट्रेनें शामिल हैं इसके साथ ही गुवहाटी आनंदविहार नार्थइस्ट एक्सप्रेस डिब्रगढ़ राजधानी एक्सप्रेस समेत छह ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है ये ट्रेनें दानापुर पाटलिपुत्रा बरौनी रेलमार्ग के बदले दानापुर मोकामा सेक्शन से चलेगी जनसम्पर्क पदाधिकारी ने कहा कि दुर्घटना की जांच छह और सात फरवरी को पूर्वी क्षेत्र कोलकाता के रेलवे सेफ्टी कमीश्नर मोहम्मद लतीफ खान करेंगे केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि किसानों को दी जाने वाली सालाना छह हजार रूपये की न्यूनतम राशि को बढ़ाया जायेगा वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के संसाधन बढ़ते ही इसके प्रयास शुरू किये जायेंगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें भी इसे अपनी आय संबंधी योजनाओं से संचालित कर सकती है श्री जेटली ने कहा कि देश के बारह करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को हर वर्ष छह हजार रूपये नकद देने की योजना के साथ ही एक घर सस्ता भोजन स्वास्थ्य की मुफ्त देखभाल और अस्पताल का खर्चा भी दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि किसानों को दी जाने वाली राशि के भुगतान के लिए पचहत्तर हजार करोड़ रूपये सालाना जारी किये जा रहे हैं पश्चिम चम्पारण जिले के बेतिया नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने चार लाख रुपये के जाली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने बताया कि जाली नोट की तस्करी में शामिल पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के बोसनगर गांव के रहने वाला जुलकर शेख को पकड़ा गया है उन्होंने कहा कि बरामद सभी जाली नोट दो दो हजार रूपये के हैं नोटबंदी के बाद जाली नोट की यह सबसे बड़ी खेप पकड़ी गयी है गिरफ्तार तस्कर के मोबाईल फोन की गहन जांच की जा रही है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तस्कर को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कृत किया जायेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने पौधा संरक्षण अधिकारियों को आम उत्पादक किसानों की मदद करने का निर्देश दिया है कृषि मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि क्षेत्र में लगातार भ्रमण करें और किसानों को कीड़ों के प्रकोप पर रोकथाम की जानकारी दें उन्होंने कहा कि आम के बगीचे की अच्छी देखभाल नहीं होने के कारण किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है श्री कुमार ने कहा कि आम के मंजरों में सरसो के आकार के दाने के बराबर आम के फल लग जाने के बाद कीटनाशी के साथ फफूंदनाशी का छिड़काव करना चाहिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में आज मौनी अमावस्या के अवसर पर द्रसरे शाही स्नान में लोगों ने अहले सुबह से ही डुबकी लगानी शुरू कर दी है शाही स्नान के लिए दुनिया भर से एक करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं अनुमान लगाया गया है कि इस अवसर पर तीन करोड़ से अधिक लोग स्नान करेंगे मौनी अमावस्या के शाही स्नान को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने मेडिकल सेवाओं को प्ररी तरह अलर्ट पर रखा है गया जिले में चल रही सेना बहाली के तीसरे दिन तीन सौ छब्बीस अभ्यर्थियों का चयन किया गया कर्नल विक्रम सैनी ने बताया कि जहानाबाद और नवादा जिलों के चयनित अभ्यर्थियों का अलग अलग समूह बनाकर दौड़ की परीक्षा ली गयी उन्होंने कहा कि परीक्षा में तीन हजार दो सौ बयासी अभ्यर्थियों ने भाग लिया था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है लोगों को सड़कों के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी स्मृति में मोटर कार रैली रवाना करेंगे रैली मार्ग में लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी भी दी जाएगी वहीं राज्य में इस अभियान की शुरूआत राजधानी पटना से होगी समारोह में दो लोगों को सड़क दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए गुड सेमेटेरियन अवार्ड दिया जायेगा नालंदा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ में राज्य के पहले बाल मित्र थाना की स्थापना की गयी है इस थाने में तैनात पुलिसकर्मी सादे लिबास में रहेंगे और बाल कैदियों से दोस्तों की तरह व्यवहार करेंगे थाने का उद्घाटन करते हुये न्यायिक दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने कहा कि इस थाने में बाल कैदियों को टॉफी बिस्कुट खाने के लिए दिये जायेंगे साथ ही खेल के कई सामान भी उपलब्ध होंगे चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव में दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में लिखी मतदाता पर्ची देगा इस पर उभरे हये बिंद्रओं के साथ अलग अलग समूह और अलग अलग अक्षर के संकेत होंगे जिससे नेत्रहीन मतदाता उभरे हुये बिंद्रों को छूकर प्रत्याशी और उसके चिन्ह को पहचान सकेंगे आज विश्व कैंसर दिवस है इस अवसर पर प्रदेश में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संगठन तीन साल के लिए एक अभियान शुरू कर रहा है जिसका थीम है आई ऐम एंड आई विल अभियान के जरिये कैंसर से बचाव के लिए लोगों की प्रतिबद्धता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय हो जाने के कारण राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की ब्रंदाबांदी होने की सम्भावना बढ़ गयी है मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर आठ और नौ फरवरी को दिख सकता है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली है वैज्ञानिकों ने कहा कि आज भी आसमान साफ रहेगा और दिन में अच्छी धूप निकलेगी बक्सर में खेली जा रही उनहत्तरवीं बिहार राज्य फुटबॉल चैंपियनशिप के तीसरे चक्र के मुकाबले में कटिहार ने मुजफ्फरपुर को चार शून्य से पराजित कर दिया वहीं एक अन्य मुकाबले में सीवान ने जहानाबाद को एक शून्य से हराकर अंतिम आठ में जगह बना ली है हाजीपुर में खेली गयी पच्चीसवीं बिहार राज्य सीनियर बॉल बैडमिंटन के पुरूष वर्ग के फाइनल मुकाबले में प्रलिस अकादमी पटना ने बेगूसराय को पराजित कर तीसरी बार खिताब जीत लिया महिला वर्ग के फाइनल में वैशाली ने पुलिस अकादमी पटना को पराजित किया भागलपुर जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज मुहल्ले में एक मकान में रसोई गैस का छोटा सिलेंडर के अचानक फट जाने से बारह लोग घायल हो गये मुजफ्फरपुल जिले के मोतीपुर में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अठाईस पर पनसलवा चौक के पास देर रात एक प्रिंटिंग प्रेस के संचालक की लूटेरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने हाजीपुर के सहदेई बुजुर्ग में सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटना से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है हाजीपुर में सीमांचल एक्सप्रेस बेपटरी छह यात्रियों की मौत दैनिक भास्कर ने रेल हादसों पर शीर्षक दिया है ग्रामीणों ने एक माह पहले ही पटरी के धंसने की दी थी सूचना रेलवे कार्रवाई करता तो बच जाती जिंदगियां दैनिक जागरण ने पटना में कांग्रेस की रैली को पहले पन्ने पर स्थान देते हुये सुर्खी लगायी है सरकार बनी को हर गरीब को दस हजार महीना राहुल प्रभात खबर ने कोलकाता में सीबीआई मामले पर शीर्षक दिया है सीबीआई टीम को लिया हिरासत में बाद में रिहा धरने पर ममता

बेतिया में चार लाख के जाली नोट के साथ बंगाल का तस्कर गिरफ्तार